किसी भी रोगी का इलाज करने से इंकार नहीं किया जाएगा इसमें दवाई ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक इलाज भी शामिल हैं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

उन्होंने बताया कि यह ढील जिला कलेक्टर द्वारा कोविड के उपचार के लिए अधिकृत किए जाने की अवधि तक ही मान्य होगी और अस्पताल की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र लाभार्थी को उपचार के लिए मना नहीं किया जाएगा योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए कोविड उपचार के पैकेजेज में भी संशोधन किया गया है कोविड के उपचार में अब आम आदर्मी को सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए बनाए दो पैकेज के स्थान पर अब तीन पैकेज लागू कर दिए हैं जिनकी दरें पांच हजार रूपये प्रतिदिन से लेकर नौ हजार नौ सौ रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है इससे पहले ये दरें दो हजार से लेकर चार हजार रूपये प्रतिदिन निर्धारित थी योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में पूर्व में जारी प्रावधान गाइडलाइन और समय समय पर जारी आदेश यथावत लागू रहेंगे

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल शून्य दशमलव तीन नौ प्रतिशत मरीज वेंटिलेटर पर और तीन दशमलव सात शुन्य प्रतिशत मरीज ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों पर हैं

बैठक के दौरान ऑक्सीजन निदान और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों की समीक्षा की गई

कोविड महामारी को देखते हुए पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजनकी मांग में वृद्धि हई है अगले दो महीने या अगले आदेश तक ऑक्सीजन ले जारहे कंटेनरों को एम्बूलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने कहा है कि फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा का समय लगभग शुन्य हो गया है इसके अलावा चिकित्सा ऑक्सीजन के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी प्राधिकरण ने इस संबंध में समी अधिकारियों और पक्षधारकों को निर्देश जारी किए हैं

जिसके उपयोग के लिए भारतीय औषध महानियंत्रक ने अनुमति भी दे दी है

यह दवा पाउडर के रूप में है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है पेट में जाकर यह दवाई संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिलकर वायरस को बढने से रोकती है और प्रतिरोधी क्षमता बढाती है इसका विकास संगठन की एक प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान ने डॉक्टर रेड्डीज लेब्रोरिटीज के साथ मिलकर किया है